राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढाये जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां कृषि उपज समिति के कार्य और कृ षि मशीनरी की द्कानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी दो चालकों और एक हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी बिजली मैकेनिक पलंबर मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छट दी गई है ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के समी क्षेत्रों में अपनी सेवाए उपलब्ध करा सकेंगे मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है केन्द्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और क्छ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जायेंगी जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खतिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा प्रोसेसिंग तक उसके बाद खुलेगा कल से दुख जो है ग्रानीण इलाकों में वो सब खुलेंगे तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा है केंट्रक्शन जहां केंट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेसिंग का नॉम पालन करके वो भी शुरू होगा इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रीयल स्टेटस है और इंडस्ट्रीयत शेइस है ऐसी जगह भी काम शुरू होगा प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए सरकार शहरों से लौटे मजदूरों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराएगी प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों के खातों में छः सौ ग्यारह करोड़ से ज्यादा की धनराशि ऑनलाइन भेजी है विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में भी आठ सौ इकहत्तर करोड रुपए जमा कराए गए हैं सरकार ने यह तय किया है कि शहरों से लौटे श्रमिकों को मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दौरान अपने कार्यस्थलों पर न पहंच सकने वाले अस्थाई श्रमिकों और कामगारों को मजदूरी और मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं प्रदेश सरकार ने पिछले पैंतालिस दिनों के दौरान राज्य में लौटे पांच लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए एक समिति का गठन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे जा रहा है सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीटर पर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पडेगा दारूल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान महीने के दौरान पूर्णबंदी के नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की है रमजान का महीना पच्चीस अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है राज्य के सहारनपुर जिले में दारूल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए आकाशवाणी से बातचीत में दारूल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा राजस्थान के कोटा में फंसे सैकड़ों विद्यार्थियों को लेकर लगभग तीन सौ बसें प्रदेश वापस आ गई हैं प्रदेश सरकार ने आगरा से दो सौ बसें और झांसी से एक सौ बसें कोटा भेजी थीं जहां पूर्णबंदी के कारण प्रतियोगी परिक्राओं की तैयारी कर रहे देशभर के हजारों विद्यार्थी फंसे हुए हैं वापस आए सभी विद्यार्थियों की जांच की जाएगी और उन्हें घर भेजने से पहले संगरोघ केन्द्रों में रखा जाएगा कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रदेश सरकार से उन्हें निकालने की लगातार अपील कर रहे थे देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों को मास्क लगाने या गमछे से नाक और मुंह ढ़कने की सलाह दी गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच